सांसद सुमेधानंद सरस्वती ने आज कहा कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सभी को भिलकर काम करना होगा

विधायक चंद्रकांता मेघवाल ने भी केन्द्र द्वारा लघू सूक्ष्म और मध्यम उद्योगों किसानों दूध उत्पादकों मछुवारों और पशुपालकों के लिए की गई घोषणा को ऐतिहासिक बताया है

इसके अलावा प्रदेश के मुख्य मुख्य हवाई अड़डों पर घरेलू उड़ानों के लिए भी तैयारियां शुरू हो गयी है

यह सेवा सप्ताह में छह दिन चलेगी

इनमें सफर के लिए ऑनलाइन टिकिट लिया जा सकता है जयपूर के सिंधी कैंप बस स्टैण्ड से अभी केवल श्रमिक स्पेशल बसें ही चलेगी

रेलवे द्वारा श्रमिक स्पेशल रेल सेवाओं के अलावा आगामी एक जून से अन्य स्पेशल रेल सेवाओं का संचालन किया जाएगा इस कम में उत्तर पश्चिम रेलवे की ओर से जोधपुर दिल्लीसराय रोहिल्ला जोधपुर संपर्क कांति एक्सप्रेस बांद्रा टर्मिनस जोधपुर बांद्रा टर्मिनस सूर्य नगरी एक्सप्रेस जोधपुर जयपुर जोधपुर एक्सप्रेस हजरत निजामुद्दीन उदयपुर हजरत निजामुद्दीन मेवाड़ एक्सप्रेस मुम्बई सेंट्रल जयपुर मुम्बई सेंट्रल एक्सप्रेस हावड़ा जोधप्ररबीकानेर हावड़ा एक्सप्रेस दिल्ली अहमदाबाद आश्रम एक्सप्रेस अजमेर दिल्ली सरायरोहिल्ला अजमेर जन शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन चलायी जाएगी इन रेल सेवाओं की समय सारिणी नियमित रेल सेवाओं के अनुसार होगी इनका ठहराव और संचालन नियमित रेल सेवाओं के अनुसार ही होगा इस बीच प्रदेश में प्रवासियों का आवागमन जारी है आज मुम्बई से एक ट्रेन सिरोही जिले के पिंडवाडा रेलवे स्टेशन पहंची

इन यात्रियों को स्कीनिंग के बाद भोजन दिया गया और फिर रोडवेज बसों से इनके जिलों के लिए रवाना किया गया

उन्होंने कहा कि सभी देशों को एकजुट होकर स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों का सामना करना होगा

मुस्लिम धर्मगुरूओं और विभिन्न हस्तियों ने लोगों से ईद के पर्व पर भी घर में ही नमाज अदा करने की गूजारिश की है प्रसिद्ध गजल गायकर अहमद हुसैन मोहम्मद हुसैन ने लोगों से ईद का जश्न घर पर रहकर मनाने की अपील की है उन्होंने लोगों से ईद की नमाज भी घरे पर अदा करने की इल्तेजा की है

उन्होंने बताया कि बाकी ब्लॉकों में भी महात्मा गांधी विद्यालय शीघ्र खोले जाने के लिए आदेश जारी किए जाएंगे

प्रधानमंत्री ने उड़ीसा का भी दौरा किया और तूफान से प्रभावित इलाकों का विमान से सर्वेक्षण किया

इसके लिए ओसिया के बाद अब बाड़मेर जिले के आसोतरा से अगले चरण के काम की शुरूआत की जा रही है इस हाइवे पर पांच हजार तीन सौ उनियासी करोड़ रूपए खर्च होंगे भारत माला प्रोजेक्ट के तहत बन रहे इस हाइवे का लाभ तीन राज्यों को मिलेगा

तापमान में लगातार बढोतरी के साथ लू ने भी लोगों की दिनचर्या को प्रभावित किया है राज्य में आज श्री गंगानगर सबसे अधिक गर्म शहर रहा

भीषण गर्मी से इंसानों के साथ साथ पश् पक्षी भी बेहाल हो रहे हैं

इस बीच मौसम विभाग ने आज जोधपुर बीकानेर और जयपुर संभाग में कहीं कहीं आंधी चलने की संभावना जतायी है इन संभागों में कई जगह लू चलने के आसार है

प्रधानमंत्री ने लोगों से इस कार्यक्रम के लिए उनके सुझाव मांगे है